चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने आज पत्रकारों को बताया कि स्वास्थ्य विमाग और प्रशासन इस बीमारी के रोकथाम के लिए मुस्तैदी से प्रयास कर रहे हैं

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो उनके मंत्री जनता से सीधा संवाद रखेंगे दो दिन के दौरे पर राजस्थान आए श्री गांधी आज धौलपुर में बाड़ी में एक सभा को सम्बोधित करते हुए भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि अमीर्रो का साढ़े तीन लाख करोड़ रूपए का कर्जा माफ कर दिया लेकिन किसानों का कर्ज को माफ नहीं किया केन्द्र और राज्य सरकार ने पिछले साढे चार साल में आम जनता के हित में कोई काम नहीं किया उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के मंत्री और विधायक हर वर्ग की बात सुनेंगे जो ऐसा नहीं करेगा उसे पद से हटा दिया जाएगा

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों को राहत प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं

आज जयपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अरूण चतुर्वेदी ने कहा कि गुजरात के विधायक अर्ल्येश ठाकुर समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं लेकिन पार्टी अध्यक्ष ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है झालावाड़ में आज भाजपा की अहम बैठक सम्पन्न हुई जिसमें केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और सांसद दुष्यंत सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया

आज जयपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री कुमार ने कहा कि आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालना करायी जाएगी उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों का तबादला आचारसंहिता के बाद हुआ है ऐसे किसी आदेश की पालना नहीं होगी

विधानसभा चुनावों के लिए बीकानेर जिले में पूरी तरह माहौल जमने लगा है राजनीतिक दलों ने चुनावों के लिए जहां कमर कस ली हैं वहीं जिला प्रशासन भी जी जान से चुनाव की तैयारियों में जुट गया है

स्वीप मोबाइल वैन के दूसरे चरण में आज संगरिया विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के अटल सेवा केन्द्रों उचित मूल्य की दुकानों जीएसएस उप स्वास्थ्य केन्द्रों कृषक सेवा केन्द्रों माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों पर ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का प्रदर्शन किया गया

इस समारोह में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मानवता और भारत कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया कार्यक्रम के अंतर्गत विदेश मंत्रालय के सौजन्य से वर्षमर विदेशों में आयोजित होने वाले विशेष शिविरों में मगवान महावीर विकलांग सहायता समिति और विदेश मंत्रालय मिलकर विदेशी विकलांगों को जयपुर फूट निशुल्क प्रदान करेगा

उन्होंने कहा कि जयपुर फूट के द्वारा हम महात्मा गांधी के आदर्शों और सिद्धांतों का विदेशों में प्रचार करेंगे

हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि नियमित उड़ान शुरू होने से जैसलमेर के पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा

मंदिर ट्रस्ट और पुजारियों के बीच उपजे विवादों के बाद याचिका पर यह आदेश जारी किया गया है

पुलिस ने इस संबंध में टाउन से दो सप्लायर्स को गिरफ्तार किया है जयपुर जिले में एक निजी विश्वविद्यालय में करीब साढे तीन करोड़ रूपए की राशि पर जीएसटी नहीं चुकाने का मामला सामने आया है राजस्व आसूचना निदेशालय ने जिले के महला स्थित निजी विश्वविद्यालय में यह मामला उजागर किया है पाली जिले के रायपुर इलाके में श्रमिकों को ले जा रही एक बस बर तालाब की खाई में गिर गई हादसे में करीब बीस श्रमिक घायल हो गए घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद ब्यावर रैफर किया गया

सूचना मिलने पर खमेरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच महिलाओं को समझाकर जाम हटवाया